स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हेपेटाइटिस बी का टीका उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाना चाहिए जिनका पहले प्राथमिक टीकाकरण नहीं हुआ है एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सिर्फ सोलह से साठ प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को ही हेपेटाइटिस बी प्रतिरक्षण दिया गया है सड़क ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना संतोषगढ सडक की टारिंग कार्य का श्भारंभ किया

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि राज्यस्तरीय शुलिनी मेला प्रदेश सहित पूरे उतर भारत में अपनी विशेष पहचान रखता है उन्होंने कहा कि मेले का गरिमामय आयोजन प्रदेश की छवि और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सहजल कल शाम सोलन में शूलिनी मेले के आयोजन संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि धार्मिक सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शुलिनी मेले में इस वर्ष सभी परम्पराओं के उचित निर्वहन को सुनिश्चित किया जाएगा

स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत कल्लू में एक बैठक हई जिसमें विभिन्न विकास कार्यो और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन योजना पर चर्चा की गई

दुर्घटना शिमला के मालरोड पर आज एक दर्दनाक हादसे में पानी के टैंकर की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई

हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार महिला अपनी पोती के साथ मालरोड पर घूम रही थी कि पानी के टैंकर ने महिला को कुचल दिया

संस्था की संस्थापक व हिमाचल विशेष ओलम्पिक की अध्यक्ष मलिका नड़डा ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये किसी भी क्षेत्र में आम लोगों से पीछे नहीं है उन्होंने खेलकद प्रतियोगिताओं में विश्वस्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग बच्चों को ईनामी राशि के अलावा रोजगार की व्यवस्था करने का सरकार से आग्रह किया